जेईई इन्दौर के ध्रव अरोरा ने जेईई मेन्स में सौ प्रतिशत अंक लाकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा जारी की गई लिस्ट में ध्रव का नाम सबसे ऊपर है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उन्हें बधाई दी है ध्रव ने कहा है कि कड़ी मेहनत और उनके अध्यापकों के मार्गदर्शन से ही यह सफलता मिली है वहीं छत्तीगढ़ में ऋषभ भटनागर ने टॉप किया है उन्हें निन्यान्नवे प्रतिशत से अधिक अंक मिले हैं

ग्लोवल एजेंडा तय करने के लिये यह बैठक महत्वपूर्ण है बैठक में शामिल हो रहे प्रतिभागी मध्यप्रदेश में होने वाले सुधारों और दृष्टिकोण से परिचित होंगे श्री ब्रेंडे ने आशा व्यक्त की है कि श्री नाथ के नेतृत्व में मध्यप्रदेश अप्रत्याशित रूप से प्रगति और समृद्धि हासिल करेगा उन्होंने मध्यप्रदेश के सतत और समावेशी विकास की सोच को जमीन पर उतारने में नई भूमिका में सफल होने कामना की है प्रयागराज कुम्म प्रयागराज कुंभ में प्रदेश से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा ने कल मंत्रालय में हुई अध्यात्म विभाग की बैठक में यह जानकारी दी मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रयागराज कृंभ में बनाया जा रहा मध्यप्रदेश का मण्डप प्रदेश की अध्यात्मिक धार्मिक और संत ऋषि परम्पराओं की अवधारणाओं को प्रतिबिम्बित करेगा इसमें मध्यप्रदेश के सभी विशिष्ट धार्मिक स्थलों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी उन्होंने बताया कि सांस्क्रतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी मध्यप्रदेश के मण्डप में होगा श्री शर्मा ने अधिकारियों को मण्डप में समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए

गुना में कल श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने किसानों से ऋण माफी फार्म आवश्यक रूप से भरने की अपील की जिले के ग्राम पटना पहुंची श्री सिसोदिया ने किसानों की समस्याएं भी सुनी

निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होगा लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि कांप्रेस के वचन पत्र में शासकीय कर्मियों की आवासीय समस्या का समाधान करने के लिये पुराने शासकीय आवासों को तोड़कर बहु मंजिला बिल्डिंग बनाने का वादा किया गया है इसी के अनुरूप भोपाल में ट्विन टहवर का निर्माण किया जा रहा है

शोभा ओझा प्रदेश कांप्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने प्रदेश सरकार द्वारा अपने मंत्रियों की सम्पति को हर साल घोषित करने की व्यवस्था को लागू करने की पहल का स्वागत किया है श्रीमती ओझा ने कहा कि कांग्रेस अपने वचन पत्र के प्रत्येक बिंदु का पालन करेगी सम्पति की घोषणा भी इनमे से एक है मुख्यमंत्री की इस पहल से भ्रष्टाचार की आशंका बिल्कुल समाप्त हो जाएगी उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्रियों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज अह्न ए आई आर डहट एन आई सी डहट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं कृषि विकास मंत्री प्रदेश में किसानों को ट्रैक्टर पहवर ट्रिलर सीड ड्रिल प्लाऊ रीपर थ्रेशर धान ट्रांसप्लांटर सहित अन्य क्रषि यंत्रों पर बढ़ा हुआ अनुदान आज से ही प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं किसान कल्याण और क्रषि विकास मंत्री सचिन यादव ने कल इसके निर्देश दिये

पीसीशर्मा मंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की नदियों को सजीव इकाई बनाने के लिए अधिनियम लाया जाएगा उन्होंने कहा कि पुजारियों के मानदेय में पाँच गुना वृद्धि की जाएगी श्री शर्मा ने कहा कि तीर्थ स्थानों का सुनियोजित विकास और तीर्थ यात्रियों को आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने संबंधी सभी कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएँ उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पथ को चिन्हित करने के साथ ही मार्ग में संकेतक लगाने और आश्रय स्थलों को विकसित करने और ओंकारेश्वर परिक्रमा पथ एवं राम वन पथ गमन के लिए आवश्यक निर्देश दिए हिन्दी ऑलंपियाड प्रदेश के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों में हिन्दी विषय में कुशलता जाँचने के लिये हिन्दी अहलंपियाड का आयोजन आज किया जायेगा

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हिन्दी ओलंपियाड का आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों से लगाव और हिन्दी पढ़ने के प्रति रूचि जागृत करने के साथ ही बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जा रहा है हिन्दी ओलंपियाड परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है यह परीक्षा दो चरणो में आयोजित की जायेगी हमारे श्योपूर संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों में इसके आयोजन के निर्देश दे दिये हैं प्रदर्शनी पशुपालन विभाग ग्वालियर में चल रहे श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में पशुपालन विभाग की प्रदर्शनी भी लगाई गई है पश्नपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कल फीता काटकर इस प्रदर्शनी का औपचारिक उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि मेला में प्रदर्शनी देखने आने वाले सैलानियों को पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी भी दी जाए साथ ही उन्हें उन्नत पश्नपालन के फायदे भी बताएं जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो पशुपालन विभाग की प्रदर्शनी में ग्वालियर चंबल अंचल की भदावरी भैंस गिरि व निमाड़ी नस्ल की दुधारू गाय कड़कनाथ मुर्गा पालन इत्यादि का जीवंत प्रदर्शन किया गया है

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता ने बताया कि कल नलखेड़ा में भर्ती कैम्प का आयोजन किया जायेगा

कलेक्टर शहडोल शहडोल जिला कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव ने कहा है कि जिले की डिप्टी कलेक्टर प्रजा तिवारी के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान वाट्सअप पर वायरल हुआ चैट का स्क्रीन शाट पूरी तरह असत्य एवं फैब्रिकेटेड है उन्होंने कहा कि पूजा तिवारी के साथ उनके द्वारा ऐसा कोई चैट कभी नहीं हुआ

उन्होंने कहा कि इस कथित वाट्सएप स्क्रीन शह्ट में मेरा या पूजा तिवारी का फोन नंबर दर्शित नहीं है इससे साफ होता है कि यह स्क्रीन शहट जाली तौर पर बनाया गया है श्रीमती श्रीवास्तव ने इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है